प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर तीस से अधिक पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल लोकवाणी के जरिये प्रदेश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह साढ़े दस बजे से छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा किया जाएगा मुख्यमंत्री फर्जी जाति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदेश में नौकरी कर रहे लोगों के मामलों का एक महीने के भीतर परीक्षण करके उसका निराकरण किया जाएगा इससे फर्जी प्रमाण पत्र बाले न तो नौकरी कर सकेंगे और न ही अनुचित लाभ ले सकेंगे मुख्यमंत्री ने कल विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही श्री बघेल ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब आदिवासियों की जमीन कोई द्सरा नहीं खरीद सकेगा राज्य सरकार ने पूर्व में आदिवासियों की सहमति से जमीन खरीदने के संबंध में बनाए गए कानून को समाप्त कर दिया है पटवारी हल्का मुख्यालय प्रदेश में पटवारी अब अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में सप्ताह में कम से कम दो दिन सोमवार और मंगलवार को सुबह दस से शाम साढ़े पांच बजे तक मौजूद रहेंगे राज्य शासन ने पटवारियों के हल्का मुख्यालय से लगातार गायब होने की शिकायतों और आम जनता की परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया है राजस्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है आदेश के मुताबिक पटवारी के पास एक से अधिक हल्का का प्रभार होने की स्थिति में उन्हें सोमवार को एक हल्का मुख्यालय और मंगलवार को दूसरा हल्का मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा इस दौरान पटवारी भूमि संबंधी समस्याओं से अवगत होंगे और आवेदन प्राप्त करेंगे जिन आवेदन पत्रों का निराकरण ग्राम पंचायत से ही संभव है उसका निराकरण उसी दिन कर दिया जाएगा जिन आवेदनों का निराकरण पटवारी द्वारा किया जाना है उसका निराकरण उसी सप्ताह में किया जाएगा इसी तरह तहसील स्तर पर निराकरण होने वाले आवेदनों को संबंधित तहसीलदार को भेजा जाएगा आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा पटवारियों को निर्धारित दिवसों में नहीं बुलाया जाएगा और न ही किसी अन्य कार्य में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी केंद्रीय राज्यमंत्री दौरा केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है भिलाई के दौरे पर पहुंचे श्री कुलस्ते ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख सहित पूरे क्षेत्र में विकास कार्य होंगे

श्री कुलस्ते ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के स्वास्थ्य शिक्षा और पेयजल की व्यवस्था पर केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान है

चार नगर पालिक निगमों में तेईस उन्नीस नगर पालिकाओं में छियासी और तीस नगर पंचायतों में नब्बे एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई है अंबिकापुर और जगदलपुर नगर पालिक निगम के लिए आठ आठ एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है जबकि दुर्ग के लिए एक और राजनांदगांव नगर पालिक निगम के लिए छह एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने चार वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिलकपल्ली से इन माओवादियों को पकड़ा इनमें से एक माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक माओवादी पर दो लाख का इनाम घोषित था इन माओवादियों पर विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी वीरता पुरस्कार प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तीस से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट तथा सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग और ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक आईके एलेसेला को पुलिस वीरता पदक दिया जाएगा वहीं रेलवे की पुलिस अधीक्षक मिलना कुर्रे और आईपीएस अधिकारी मनोज खिलारी को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा इसी तरह सेवानिवृत्त आईपीएस एसएस सोरी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा तीन पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत अदम्य साहस के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा जिनमें कोंडागांव के उप निरीक्षक पुष्पराज नागवंशी शहीद आदित्य शरण प्रताप सिंह और शहीद मूलचंद कंवर शामिल हैं पुलिस वीरता पदक के लिए नौ पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है सराहनीय सेवाओं के लिए दस पुलिसकर्मियों और सराहनीय सुधार सेवा पदक से जेल विभाग के चार कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से दो पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे इसके अलावा पांच पुलिसकर्मियों को गुरू घासीदास पुरस्कार राज्यपाल पुरस्कार मुख्यमंत्री पुरस्कार रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार और वीरनारायण सिंह पुरस्कार के लिए चुना गया है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाज के हर वर्ग की भावनाओं सवालों सुझावों से अवगत होने और अपने विचार को साझा करने के लिए लोकवाणी के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे लोकवाणी का पहला प्रसारण कल रविवार ग्यारह अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे लोकवाणी का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को किया जाएगा पहले प्रसारण का विषय खेती और ग्रामीण विकास रखा गया है बारिश सर्वे पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के चलते प्रदेश के बस्तर संभाग सहित अनेक जिलों में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों में कई नदी नाले उफान पर हैं हालांकि बारिश की गतिविधियां कम होने के कारण नदी नालों का जलस्तर कम होते जा रहा है इस बीच प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा और राजस्व सचिव एनके खाखा ने आज सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे कर वहां की स्थिति का जायजा लिया श्री लखमा ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है महिला आयोग सुनवाई राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कमलेश गौतम ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के तैंतालीस मामलों की सुनवाई की सुनवाई में इक्कीस मामलों का निराकरण किया गया और बाईस मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों को समय सीमा के भीतर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है इस मौके पर श्रीमती गौतम ने कहा कि महिलाओं को हिम्मत और धैर्य से सभी परिस्थितयों का सामना करना चाहिए उन्होंने महिलाओं को सतर्क और जागरूक रहने के लिए कहा

संक्षिप्त समाचार केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के इंडियन यूथ डेलिगेशन के तहत चीन की दस दिवसीय यात्रा कर लौटी छत्तीसगढ़ की प्रियंका बिस्सा ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की बलरामपुर पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस परेड के अभ्यास के दौरान सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई सूरजपुर जिले में दो अलग अलग घटनाओं में जंगली हाथी के हमले से एक महिला सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई